राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मृतकों के प्रति श्रद्वांजली अर्पित की है उन्होंने इस त्रासदी में शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की श्रीमति पटेल ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी से संपूर्ण विश्व का पर्यावरण और औद्योगिक सुरक्षा के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है इस अवसर पर भोपाल के बरकतउल्ला भवन में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग द्वारा आयोजित इस प्रार्थना सभा में मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह और सभी धर्मो के धर्मगुरू शामिल हुए इस दौरान त्रासदी में मारे गये लोगों को श्रद्धांजली दी गई

इसका उद्देश्य दिव्यांगों के हितों की रक्षा करना और समाज में हर वर्ग के दिव्यांगों की बेहतरी के लिए राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए जागरूकता पैदा करना है इस वर्ष का विषय है दिव्यांगों को सशक्त बनाने सहित उन्हें बराबरी का हक दिलाना सुनिश्चित करना संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए पहली रिपोर्ट जारी करेगा इस रिपोर्ट में उनके लिए विशेष नीति बनाना उसे लागू करना और समय समय पर निगरानी और मूल्यांकन करने के सुझाव शामिल हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगों उनको सशक्त बनाने के लिए श्रेष्ठ काम करने वाले संस्थानों संगठनों राज्यों और जिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भोपाल में आंगनवाड़ी प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया इसमें शामिल होने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस बात का प्रशिक्षण दिया गया कि वह दिव्यांग लोगों के लिये किस तरह सहायता करें

वहीं आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है उधर शिवपुरी में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं से कहा है कि वे नये भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें इसके लिए उन्हें योग्य और जिम्मेदार नागरिक बनकर दिखाना होगा राज्यपाल ने यह बात कल भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अभिभावकों से कहा कि वे बेटे और बेटियों में भेदभाव न करें